एयर इंडिया सोमवार से घरेलू उड़ान शुरू करेगा

केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है दूरदर्शन समाचार के साथ भेंट में उन्होंने कहा कि देश को अब भी उन वस्तुओं का आयात करना पड़ता है जो देश में उपयोग के लिए और निर्यात के लिए सामान बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने जिस तरह से आर्थिक पैकेज तैयार किया है उससे उन लोगों को तत्काल सहायता मिलेगी जिन्हें अर्थव्यवस्था शुरू करने के लिए अतिरिक्त पूंजी की जरूरत है उन्होंने कहा कि इससे मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों को फायदा होगा महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था फिर शुरू करने के मुद्दे पर वित्तमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस आश्वासन के साथ सभी विकल्प खुले रखे हैं कि सरकार उनकी मदद के लिए तैयार है उन्होंने फिर कहा कि सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज से कारोबारियों के लिए व्यवसाय करना आसान हो जाएगा रिजर्व बैंक के हाल के फैसले के बारे में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ये फैसले समय से हुए हैं और मौजूदा भावनाओं से काफी अलग हैं इससे धन के प्रवाह को आसान बनाने में मदद मिलेगी वित्तमंत्री ने किसानों को बंधनों से मुक्त करने से संबंधित साहसिक फैसले लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया उन्होंने कहा कि किसान अब स्वयं यह चयन कर सकते हैं कि उन्हें अपना उत्पाद किसे बेचना है केन्द्र सरकार ने कहा है कि प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे को लेकर राज्य सरकारों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिये गये हैं गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया कि सरकारों को कहा गया है कि वे आपदा प्रबंधन निधि से श्रमिकों के लिए आवासन भोजन और उनके यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित करें उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला प्रशासन को स्वयं सेवी संस्थाओं से मदद लेने को कहा गया है

आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये क्वारेंटीन केन्द्र में रह रहे प्रवासियों से संवाद में श्री कुमार ने कहा कि हर व्यक्ति को उनके कौशल के अनुरूप काम उपलब्ध करवाया जायेगा

अब तक सात सौ निन्यानवे ट्रेनों के माध्यम से ग्यारह लाख अठासी हजार कामगार अपने गृह जिलों तक पहुंच चुके हैं आज एक सौ पन्द्रह ट्रेनों के माध्यम से एक लाख अठासी हजार से अधिक लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे सबसे अधिक तैंतीस ट्रेन गुजरात से आई है इधर कल एक सौ चार रेलगाड़ियों के माध्यम से एक लाख सत्तर हजार लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचेंगे राज्य सरकार ने देश के ग्यारह शहरों से लौटने वाले प्रवासी कामगारों को ही क्वारेंटीन केंद्रों पर रखने का निर्देश जारी किया है आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि अब केवल सूरत अहमदाबाद मुम्बई पुणे दिल्ली गाजियाबाद फरिदाबाद गुरूग्राम नोएडा कोलकाता और बेंगलुरू से लौट रहे प्रवासी कामगार ही चौदह दिन के लिये प्रखंड क्वारेंटीन सेंटर पर रखे जा सकेंगे उन्होंने बताया कि अन्य जगहों से लौटने वाले लोगों से एक शपथ पत्र लेकर होम क्वारेंटीन में रखा जायेगा एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों के लिए बुकिंग शुरू कर दी है एयरलाइन पच्चीस मई से अगले तीन महीनों के लिए हर सप्ताह आठ हजार से अधिक घरेलू उड़ानों का संचालन करेगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि घरेलू उड़ानों के लिए तीन महीने के लिए लागू न्यूनतम और अधिकतम किराया निर्धारित कर दिया गया है बाईट दो महीने के अंतराल के बाद सोमवार से देश में घरेलू विमान सेवाए फिर से शुरू हो रही हैं

नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि सोमवार से शुरू हो रहे विमान सेवा में कोरोना वायरस के खतरे के मदेनजर सामाजिक दूरी सहित तमाम तरह की सावधानियां बरती जायेंगी हवाई यात्रा की किराये की सीमा को यात्रा के समय के आधार पर सात श्रेणियों में रखा गया है

पटना एयर पोर्ट से कोलकाता हैदराबाद अमृतसर और वाराणसी समेत अन्य स्थानों के लिए उन्नीस जोड़ी फ्लाइट उड़ान भरेंगी इनमें से अठारह जोड़ी फ्लाइट सप्ताह के सात दिन उड़ान भरेंगी नये शेड्यूल के अनुसार चौबीस घंटे के स्थान पर चौदह घंटे ही विमानों का परिचालन होगा पहली फ्लाइट सुबह सात बजकर पैंतीस मिनट पर आयेगी जबकि रात नौ बजकर बीस मिनट पर अंतिम फ्लाइट उड़ान भरेगी वंदे भारत अभियान के तहत कल मस्कट से एक विशेष विमान गया अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचेगा इस विमान से डेढ़ सौ यात्री आ रहे हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि विमान के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं आने वाले यात्रियों को होटलों में बनाये गये क्वारेंटीन सेन्टरों में रखा जायेगा प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के एक सौ उनासी नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर कर दो हजार तीन सौ पैंतालीस हो गयी है सबसे अधिक इकतीस संक्रमित रोहतास जिले में मिले हैं वैशाली में तेईस मधेप्रा में उन्नीस मध्रबनी में अठारह दरभंगा में सोलह सुपौल में पन्द्रह कटिहार में तेरह खगड़िया में बारह पटना में दस बेगूसराय में पांच सीवान और नवादा में तीन तीन गया अरवल लखीसराय और औरंगाबाद में दो दो तथा बांका बक्सर जमुई और नालंदा में एक एक मामले की पूष्टि हुई है संक्रमितों में से अब तक छह सौ तिरपन मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं जबकि ग्यारह की मौत हुई है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार पॉजिटिव पाये गये मामलों में से एक हजार चार सौ चौंसठ प्रवासी श्रमिकों के हैं इनमें सबसे अधिक तीन सौ तिरसठ दिल्ली से लौटे हैं महाराष्ट्र से लौटे तीन सौ छब्बीस गुजरात से लौटे दो सौ छत्तीस और हरियाणा से लौटे एक सौ पन्द्रह लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख पच्चीस हजार एक सौ एक हो गयी है इक्यावन हजार सात सौ चौरासी लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है इस महामारी से अब तक तीन हजार सात सौ बीस लोगों की जान गयी है केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि देश में कोविड उन्नीस संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर इकतालीस प्रतिशत हो गयी है श्री चौबे ने कहा कि अन्य देशों की तुलना में कोविड उन्नीस से निपटने में भारत की स्थिति काफी बेहतर रही है

क्योंकि एक तो वैक्सीन के ट्रायल में कई सारे स्टेजिज हैं और दूसरा मास्क प्रोडक्शन ये देखिये ये ऐसा वैक्सीन नहीं है कि कुछ ही देशों के लिए कुछ ही लोगों के लिए है सारा दुनिया मांगेगा इस वैक्सीन को भारी मात्रा में वैक्सीन को उत्पन्न करने में काफी टाइम लगेगा डॉक्टर रेड्डी ने संक्रमण के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए लोगों से ऐहतियाती उपाय करने की अपील की

दूसरा खुद की आत्मरक्षा करने और दूसरों को भी ये संक्रमण से बचा कर रखें इसके लिए हमें ये करना जरूरी है हम जब बाहर जाते हैं मास्क पहन लें और एक दूसरे से दो मीटर का फासला जिस हद तक हो सके उस हद तक रखें और तीसरा हाथ को अक्सर पानी और साबुन के साथ साफ रखें साबुन भी नहीं मिलता है तो कम से कम पानी के साथ साफ कर लें या हैंड सेनिटाइजर का इस्तेमाल कर लें अगर वो उपलब्ध हो तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि मलेरिया प्रतिरोधक दवा हाईड्रॉक्सीक्लोरोक्विन के सेवन से कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका कम हो जाती है हमारे संवाददाता ने बताया है कि आईसीएमआर ने हाईड्रॉक्सीक्लोरोक्विन के उपयोग पर संशोधित परामर्श जारी किया है बाईट नई दिल्ली स्थित तीन केंद्रीय सरकारी अस्पतालों द्वारा की गई जांच से संकेत मिलता है कि जिन चिकित्साकर्मियों ने हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन ली उनमें उन लोगों की तुलना में कोरोना संक्रमण विकसित होने की संभावना कम पाई गई जो कि इसे नहीं ले रहे थे

मौजूदा सबूतों के आधार पर यह सुझाव दिया गया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन सुरक्षित है और इसके कुछ लाभकारी प्रभाव हैं इस दवा के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव होने की दशा में चिकित्सक से भी परामर्श लेने की सलाह दी गई है भूपेंद्र सिंह आकाशवाणी समाचार दिल्ली दरभंगा की बेटी ज्योति के हौसले और हिम्मत की चर्चा देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रही है साईकिल पर अपने घायल पिता को लेकर गुरूग्राम से बारह सौ किलोमीटर दूर अपने गांव सिरहुल्ली पहुंचने वाली ज्योति ने इस सफर को एक जुनून के साथ पूरा किया बाईट पन्द्रह साल की ज्योति की जिद ने न सिर्फ दूरियों को नापा बल्कि यह भी साबित किया कि मन में कुछ ठान लिया जाये तो उम्र और लिंग के मायने नहीं रह जाते

ज्योति साइंकिलिंग में कैरियर बनाने को लेकर उत्साहित है कई स्वयं सेवी संस्थाएं उसकी पढ़ाई और आर्थिक सहायता के लिए आगे आयी हैं अमरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी इवांका ट्रम्प ने भी एक ट्वीट कर ज्योति की हिम्मत को सराहा है ज्योति का यह जज्या और समर्पण दिखाता है कि बेटे ही नहीं बेटियां भी श्रवण कुमार होती हैं आकाशवाणी समाचार के लिए दरमंगा से मणिकांत झा इधर शिक्षा विभाग ने ज्योति का नामांकन नौवीं कक्षा में करवाया है और उसे साईकिल भी दी गयी है लॉकडाउन की अवधि में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही सहायता से आम लोगों का जीवन आसान हुआ है कुछ लाभार्थियों ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में अपने अनुभव साझा किये

गिरफ्तार युवक नालंदा जिले के बिहारशरीफ का रहने वाला है उसके पास कई टिकट भी बरामद किये गये हैं गया जिले के परैया प्रखंड के तांती गांव स्थित एक ईंट भट्ठे से एसएसबी और प्रलिस की संयुक्त कार्रवाई में तीन रायफल दो देसी पिस्तौल कारतूस और नक्सली साहित्य बरामद किये गये हैं दरभंगा जिले के बिरौल और घनश्यामपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने दो सौ तेईस कार्टन विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है

एयर इंडिया सोमवार से घरेलू उड़ान शुरू करेगा